पार्टी के दिग्गज नेता कर रहे प्रचार

प्रचार अभियान लोकसभा के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है विभिन्न राजनैतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए देशभर में चुनावी सभाएं कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज तमिलनाडु के तेनी और रामानाथपुरम जिले में चुनावी रैलियां की श्री मोदी ने कर्नाटक के मैंगलुरू और बंगलुरू में भी जनसभाएं की कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी आज कर्नाटक में प्रचार अभियान में भाग लिया भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अभितशाह ने उत्तर प्रदेश के बदायूं और शाहजहांपुर में रैलियों को संबोधित किया वहीं बहुजनसमाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी बदायूं और बुलंदशहर में चुनावी सभाएं की लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव के लिए नाम वापस लेने का कल अंतिम दिन था

इस बीच पांचवें चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला जारी है

मतदान छह मई को होगा जलियांवाला बाग आज देश अमृतसर के जलियांवाला बाग में हए नरसंहार के शहीदों के बलिदान की सौवीं पृण्यतिथि पर श्रद्दांजलि दे रहा है

उप राष्ट्रपति एमवैकेया नायडू ने पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग स्मारक में नरसंहार के शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की उन्होंने इस अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश इन शहीदों का बलिदान कभी भुला नहीं पायेगा उन्होंने कहा कि यह बलिदान हमें ऐसे सुदृढ़ भारत के निर्माण के लिए और अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा देता है जिस पर गर्व किया जा सके उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब के अमृतसर में बने स्मारक पर जलियांवाला बाग नरसंहार के शहीदों को श्रद्वांजलि दी इस मौके पर भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त ने भी स्मारक का दौरा किया इससे पहले पंजाब के राज्यपाल वीपीएस बदनोर और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमृतसर में कैंडल लाइट मार्च में भाग लिया

कमलनाथ सभा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि उन्हें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास है वे कांग्रेस की नीतियों और भाजपा के भ्रष्टाचार को जनता तक पूरी तत्परता से लेकर जायेंगे श्री नाथ ने आज उमरिया हवाई पट्टी से अनूपपुर व रीवा सिंगरौली चुनावी सभा को संबोधित करने जाते समय यहां अल्प प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान यह बात कही इस अवसर पर मंत्री ओंकार सिंह व पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह भी उपस्थित थे उधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने अराजकता का माहौल उत्पन्न किया है ये कांग्रेस की कार्य संस्कृति को दर्शाता है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डाक्टर भीम राव अम्बेड़कर की जयंती की पूर्व संध्या पर लोगों को श्भकामनाए दी है श्री कोविंद ने एक संदेश में कहा कि बाबा साहब देश के स्वीतंत्रता संग्राम के दौरान एक असाधारण नेता और वंचित तबके के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले योद्वा थे इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं श्रीमती पटेल ने अपने संदेश में कहा कि डॉ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होने सामाजिक समरसता पर बल देते हुए हमेशा शोषितों और पीड़ितों के लिए आवाज बुलंद की वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस अवसर पर नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के नागरिकों को गर्व है कि बाबा साहेब की जन्म स्थली प्रदेश में है मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ अम्बेडकर ने सामाजिक असमानता को मिटाने और संवैधानिक अधिकारों से सम्पन्न समतावादी समाज निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया है इस अवसर पर राजधानी भोपाल सहित अनेक जिलों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा एनसीसी ग्वालियर ग्वालियर की एनसीसी अफसर प्रशिक्षण अकादमी में आज दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया परेड में देश भर के विभिन्न राज्यों से आई महिला प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया दीक्षांत परेड की समीक्षा दिल्ली एनसीसी निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक मेजर जनरल अजय सेठ ने की कार्यकम के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को प्रस्कार प्रदान किये गये परेड के नेतृत्व के लिये कमाडेन्ट का स्वर्ण पदक पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ निदेशालय की एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेट कविता को दिया गया वहीं कनिष्ठ वर्ग की मेरिट कम में प्रथम स्थान पर रही पूनम खेदड़ को एनसीसी महानिदेशक का प्लेक आफ ऑनर और कमान्डेन्ट का स्वर्णपदक प्रदान किया गया

बैशाखी फसल कटाई का त्यौहार बैसाखी आज देश के उत्तरी भागों में पारंपरिक आस्था और उल्लास से मनाया जा रहा है पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में यह त्यौहार विशेष धूम धाम से मनाया जाता है इस अवसर पर लोग पावन सरोवरों और नदियों में स्नान कर रहे हैं बैसाखी पर पारम्परिक लोकनृत्यों का भी आयोजन किया जाता है

मतदाता प्रतिशत प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनावों में मतदान का प्रतिशत बढाने के लिये हर जिले में मतदाता जागरूकता अभियान चलाये जा रहे है

यह दौड सुबह सात बजे से सांची दुग्घ संघ इटारसी रोड औद्योगिक क्षेत्र कोसमी से शुरू होकर कोसमी ग्राम में समाप्त होगी वहीं झाबुआ जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत नुक्कड नाटक मतदान हेतु परिचर्चा के माध्यम से मतदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है खंडवा जिले में आशापुर के हाट बाजार में ग्राम पंचायत द्वारा बाइक रैली निकाली गयी रैली के दौरान मतदाताओं से मतदान की अपील की गयी रामनवमी प्रदेश में राम नवमी का पर्व पारंपरिक श्रद्दा भाव से मनाया गया द्र्गाष्टमी और श्री राम नवमी एक साथ होने से सुबह से ही मंदिरों में श्रद्वालुओं का तांता लगा रहा कई स्थानों पर सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं द्वारा कन्या भोजन भंडारा और धार्मिक आयोजन हुए वहीं राजधानी भोपाल के कई स्थानों पर देवी जागरण कन्या भोज आदि के आयोजन किये गये कल भी कई स्थानों पर कन्या पूजन और भण्डारे के आयोजन होंगे ओरछा स्थित रामराजा सरकार मंदिर में आज दोपहर में श्रीराम का जन्मोत्सव मनाया गया इस दिन ओरछा के इस मंदिर में साल में एक बार भगवान श्री राम के गर्भगृह के बाहर दर्शन होते हैं इस दौरान लाखों लोग इस विश्वविख्यात मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के लिए पहंचते हैं राज्य के देवी मंदिरों में भी आज विशेष प्रजा अर्चना में कई लोगों ने भाग लिया दतिया की पीतांबरा शक्तिपीठ सतना के मैहर की शारदा देवी मंदिर रायसेन जिले की सलकनपुर देवी मंदिर इंदौर की विजयासन माता देवास के मां चामुंडा मंदिर और आगर मालवा की बगुलामुखी देवी मंदिर में आज दूर दूर से लोग देवी दर्शन को पहंचे अन्य स्थानों से भी दुर्गाष्टमी और श्री राम नवमी के पारंपरिक उत्साह की खबरें हैं शिवपुरी जिले में राजराजेश्वरी माता मंदिर और कैला माता मंदिर में पूजा अर्चना की गयी साथ ही शोभा यात्रा निकाली गयी धार जिले में माता मंदिर में कन्या भोज का आयोजन किया गया प्रदेश के अन्य जिलों से भी रामनवमी पर्व को उत्साहपूर्वक मनाये जाने के समाचार मिले है